मेरी सहेली अभियान रेलवे ने सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ सुरक्षा दी जाएगी मेरी सहेली अभियान की शुरुआत इस वर्ष सितम्बर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में की गई थी

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश के समी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी

प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे बैतूल में कल शाम चार बजे पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मास्क पास्क करेंगे कार्यकम में कोरोना योद्वाओं को भी आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री गुजरात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया

आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं

वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा भी लेंगे फैक्टा चैक बैंक केन्द्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढाने का फैसला किया है पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर सौ रूपये का शुल्क लगेगा

इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगायेंगे कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आते दिख रही है कुछ समय पहले तक जहां प्रतिदिन दो हजार से ज्यादा नये मरीज मिल रहे थे वहीं अब नये मरीजों की संख्या सात सौ तक सिमट गई है

इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेता जमकर प्रचार में जुटे हैं वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया है अब यदि वे किसी उम्मीद्वार के पक्ष में प्रचार करेंगे तो उसका खर्च उस उम्मीद्वार के खाते में जोड़ जाएगा वहीं कांग्रेस इस मामले में कानूनी पहलूओं पर विचार कर रही है ताकि आयोग के फैसले को अदालत मे चुनौती दी जा सके उधर आज केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कृष्ण पाल सिंह गुर्जर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मुरैना में सभा को संबोधित कर रहे हैं इसके बाद ये सभी नेता रोड शो करेंगे वहीं शिवपुरी के नरवर मे राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा उधर अनूपपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में लड़ाई धन बल बनाम जनबल की है जैतहरी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कांग्रेस को समर्थन करने की अपील की उधर राजगढ के ब्यावरा में एक सभा में वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने हमेंशा प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिये काम किया है

सागर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरों ने जागरूकता अभियान चलाया वहीं अशोकनगर में कलेक्टर प्रियंका दास ने मतदाताओं से निडर होकर निष्पक्ष अभियान करने की अपील की अनूपपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनिवार्य रूप से मताधिकार का प्रयोग करने का आगह किया है उधर मुरैना में पुलिस कर्मियों ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान में हिस्सा लिया उप चुनाव में यूथ चैम्पियन्स मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कराने और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बूथ वालियंटर्स के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मंदसौर जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि ये छात्र यूथ चैंपियन के रूप में मतदान के लिए लोगों को घर घर जाकर प्रेरित भी करेंगे

इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन सामान्य तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में मंदिरों में विभिन्न आयोजन होंगे भोपाल में इस अवसर पर बड़े तालाब में राधा कृष्ण और शिव पार्वती की प्रतिमाओं को पारंपरिक नौका विहार कराया जा रहा है नीमच में आरती के बाद खीर वितरित की जाएगी वहीं जबलपुर में नर्मदा तट के मंदिरों पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है

सतना में सभी मंदिरों में कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है होशंगाबाद में प्रसाद के तौर पर औषधि युक्त खीर वितरित की जाएगी ईद पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मीलाद उन नबी आज देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

हालांकि पैगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मीलाद महफिलों तथा ऑनलाइन सीरत कांफ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं प्रदेश के डिंडौरी रतलाम और खंडवा सहित अन्य जिलों में भी पारम्परिक और कोरोना दिशा निर्देशों के साथ ईद ए मीलाद उन नबी पर आयोजन किये जा रहे हैं

यहां साढ़े तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है